मुख्यमंत्री ने माता चिंतपूर्णी की ऑनलाईन प्रसाद सेवा का किया शुभारम्भ श्रावण अष्टमी मेले के दौरान बंद रहेंगे मंदिर राज्य सरकार प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर कर रही है विचार

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा समय पर लिए गए सही फैसलों के कारण देश में कोरोना से ठीक होने की दर अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छी है उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना महामारी की मृत्यू दर भी काफी कम है और इसका श्रेय केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों तथा लोगों के सहयोग को जाता है

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है और सावन अष्टमी मेले के दौरान भी इस बार मंदिर बंद है ऐसे में ऊना जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को प्रसाद की होम डिलिवरी सेवा प्रदान करने का सराहनीय प्रयास किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि डाक विभाग के समन्वय से पहली बार ये सुविधा शुरू की गई है उन्होंने प्रसाद की ऑनलाईन डिलिवरी के लिए डाक विभाग का भी आभार जताया है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रसाद की होम डिलिवरी सुविधा शुरू करने वाला माता विंतपूर्णी मंदिर देश के चुनिंदा बड़े मंदिरों में शामिल हो गया है मुख्य महा डाकपाल सुनीता कुमार ने इस अवसर पर कहा कि विभाग द्वारा श्रद्वालुओं को प्रसाद का समयबद्व वितरण किया जाएगा उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि श्रद्धालु मंदिर की वैबसाईट माता श्री चिंतपूर्णी डॉट कॉम पर प्रसाद मंगा सकते हैं सुरेश भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से पौधरोपण में आगे आने का आहवान किया है शिमला के कनलोग में आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम का श्भभरम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर में पुराने देवदार के पेड़ निर्माण कार्यों व जीवनकाल पूरा होने के कारण कमजोर होते जा रहे हैं ऐसे में इनके स्थान पर नए पौधे लगाना जरूरी है कृषि मंत्री कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने पांगी घाटी के सभी गांवों को अगले वर्ष तक सड़क मार्ग से जोड़ने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं किलाड़ में आज परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कोरोना महामारी के कारण रूके विकास कार्यों में तेजी लाने और इन्हें तय समय में पूरा करने को कहा

उन्होंने बागवानी विभाग को घाटी में नई किस्म के सेब पौधे लगाने के लिए बागवानों को जागरूक करने के लिए कहा

सेवा संस्था चम्बा के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने पांगी घाटी को जैविक खेती से जोड़ने का आग्रह किया संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है शिमला में आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य संस्कृत अकादमी की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा शब्दावली साहित्य और मूल्यों में समद्ध है जयराम ठाकर ने कहा कि संस्कृत भाषा को कम्पयूटर साँफ्टवेयर के लिए भी अच्छी भाषा माना जाता है इस अवसर पर शिक्षामंत्री व संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि स्कूली विद्यार्थियों के पास विभिन्न स्तरों पर अपनी इच्छा के अनुसार संस्कृत भाषा को चुनने का पर्याप्त अवसर हो

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए लोगों से मॉय गोव एप्प पर लॉकडाउन संबंधी सुझाव मांगे हैं लोग पहली अगस्त तक अपने सुझाव इस एप्प पर दे सकते हैं

बाद में विक्रम ठाकूर ने चपलाह में वन महोत्सव कार्यक्रम में पौधरोपण भी किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र भेजा है जिसमें कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है प्रदेशाध्यक्ष कलदीप राठौर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज राजभवन के बाहर पार्टी के लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आज कुल्लू जिले की लग घाटी की चौपड़सा पंचायत में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यो के लिए धन की कमी को आडे नहीं आने दिया जाएगा रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव से सभी क्षेत्रों का विकास कर रही है हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा में जिला कल्याण सभिति की बैठक की अध्यक्षता की बैठक में विधायक पवन नैयर व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे उन्होंने कहा कि जिले में सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन दी गई है और जिले में पैंशन का कोई भी मामला लम्बित नहीं है मौसम राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज दोपहर बाद मॉनसून की जोरदार वर्षा हुई

शिमला मण्डी कुल्लू चम्बा सोलन और सिरमौर जिलों में भारी वर्षा का ऐलो अलर्ट जारी किया गया है कार्यालय सील शिमला स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में कोरोना के पांच मरीज पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज से अगले तीन दिनों तक न्यायालय परिसर बंद करने का निर्णय लिया है